गूर्जर समाज की ओर से आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन आज आठवें दिन भी जारी सरकार ने समझाईश के प्रयास किये और तेज देश में नये साल की पहली तारीख से नये पुराने सभी चौपहिया वाहनों के लिये फास्टैग होगा अनिवार्य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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होने कहा कि समुद्र से जुड़े व्यापार को बढाने के लिये मत्स्य संपदा योजना सहित आधारभूत ढॉचे को मजबूत बनाने के लिये अतिरिक्त राशि जारी की जायेगी

वहीं हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा दक्षिण गूजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय करने जा रही है

मतगणना के तूरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा

भरतपुर जिले के पीलूपुरा में आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुम्बई रेल मार्ग को जाम किया हुआ है वहीं बयाना भरतपुर मार्ग भी अवरूद्व है इधर रेलवे की कई गाड़ियाँ आज भी बदले हुये मार्ग से चलाई जा रही हैं दूसरी ओर सरकार ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला द्वारा सोमवार से आंदोलन को तेज किये जाने को अल्टिमेटम के बाद मांगो को लेकर समाधान निकालने के प्रयास और बढा दिये हैं सरकार के पक्षकार खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना और आईएएस अधिकारी नीरज के पवन लगातार गुर्जर नेताओं के संपर्क में है इधर बूंदी में भी गुर्जर समाज के लोगों ने भी आज राष्ट्रीय राजमार्ग बावन पर जाम लगा दिया जिससे वाहनों की लम्बी कतारें लग गईं हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि गुर्जरों के प्रदर्शन को देखते हये क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है

भर्ती का काम देख रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई

इन्हें भिलाकर स्वस्थ होने वालों की संख्या अठहत्तर लाख अड़सठ हजार से ऊपर के स्तर पर पहुंच ँगई है

इस बीच बीते एक दिन में कोरोना के पैंतालीस हजार छह सौ चौहत्तर नए मामलों की प्रष्टि हुई है इसे मिलाकर संक्रमित हुए लोगों की संख्या पिचासी लाख से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में मृत्यू दर एक दशमलव चार आठ प्रतिशत के स्तर पर है जो कि विश्व में सबसे कम दरों में से है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब से कुछ देर पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार इस रोग के एक हजार आठ सौ बहत्तर नये मामले सामने आए है

बूंदी नगर परिषद की ओर से साईकिल रैली निकालकर लोगों को इस बीमारी के प्रति सतर्क किया गया

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी घोषणा की हज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि इस वर्ष दस दिसम्बर है

हज के लिए रवाना होने के स्थानों को घटाकर दस कर दिया गया है कोरोना महामारी को देखते हुए हज के दौरान यात्रियों के ठहरने आने जाने स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के बारे में इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं

परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद े ही किया जाएगा

इस अवसर पर नगरपालिका के जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय खिलाड़ी मौजूद रहे विधायक पूनिया ने कहा कि वे स्वयं एक खिलाड़ी रही हैं और इस क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण से युवाओं को आगे बढने के नये अवसर मिलेंगे

केवलादेव में इन दिनों सैंकड़ों प्रजाति के पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए है

सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है